आज भारतीय जनता पार्टी के चालीसवें स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि भारत ने दनिया के सामने महामारी से निपटने का एक नया उदाहरण प्रस्तत किया है उन्होंने कहा कि भारत ने सभी उपायों को निचले स्तर तक प्रभावी बनाने के लिए एक के बाद एक कई उपाय किये उन्हॉने कहा कि यह सुनिरिचत किया गया कि समी राज्य सरकारें मिलकर काम करें और समी महत्वपूर्ण निर्णय विशेषज्ञों के साथ मिलकर लिये जाएं श्री मोदी ने कहा कि देश आज कोविड नाइन्टीन को समाप्त करने के मिशन के प्रति एकजुट है उन्होंने कहा कि यह एक लंबी लड़ाई है लेकिन भारत न थकेगा न हारेगा प्रधानमंत्री ने मौजूदा परिस्थिति से निपटने में परिपक्वता का परिचय देने के लिए देशवासियों की प्रशंसा करते हए कहा कि यह अभृतपूर्व है उन्होंने कहा कि एक सौ तीस करोड की आबादी वाले भारत जैसे विशाल देश में लॉकडाउन के दौरान इतना अनुशासन बना रह सकता है इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी कल रात नौ बजे नौ मिनट के लिए देशभर में बिजली बंद कर दीये जलाने का जिक्र करते हए उन्होंने कहा कि यह पूरे देश की एकजुटता की शक्ति का प्रदर्शन था श्री मोदी ने कहा कि समाज के हर वर्ग और हर उम्र के लोगों ने कोरोना वायरस से उबरने के लिए इस एकजुटता और शक्ति का प्रदर्शन किया प्रधानमंत्री ने कहा कि शुरू से ही राष्ट्र प्रथम भारतीय जनता पार्टी का मंत्र रहा है उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से पांच अपील करते हए कहा कि वे गरीबों को राशन और अपने अलावा पांच से छह लोगों को मास्क उपलब्ध कराने के लिए अभियान जारी रखें श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे कोरोना वायरस संक्रमण के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को आरोग्य सेत ऐप का उपयोग करने को कहें उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे पीएम केयर्स कोष में दान दें और चालीस अन्य लोगों को भी ऐसा करने को कहे प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं को इस मुश्किल घड़ी में देश की सेवा में जुटे लोगों के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करनी चाहिए श्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय और कृशाभाऊ ठाकरे को याद करते हए कहा कि इन नेताओं ने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किये और अपना जीवन राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित कर देने वाले पार्टी के इन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बहत कुछ सीखा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशवासियों ने कल रात नौ बजे नौ मिनट के लिए अपने घरों की बत्तियां बन्द कर दीया मोमक्ती टॉर्च और मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर कोरोना महामारी से लडने का संकल्प जताया और एक राष्ट्र के रूप में अपनी सामुहिक शक्ति का प्रदर्शन किया प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वयं दीप प्रज्ज्वलित करते हुये अपना फोटो साझा किया राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित प्रदेश के अन्य नेताओं ने भी दीप जलाकर कोरोना महामारी के विरूद्व लड़ने की अपनी प्रतिबद्वता दुहराई लखनऊ वाराणसी गोरखपुर अयोध्या कृशीनगर देवरिया महराजगंज सिद्वार्थनगर बस्ती संतकबीरनगर मऊ आजमगढ बलिया और श्रावस्ती सहित प्रदेश के सभी जिलों में लोगों ने दीया मोमबत्ती टॉर्च और मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर कोरोना संक्रमण के खिलाफ अपनी सामूहिक एकता का परिचय दिया जौनपुर जनपद में मड़ियाहूं विधानसभा क्षेत्र से अपना दल की विधायक डॉक्टर लीना तिवारी ने अपनी विधायक निधि से मुख्यमंत्री राहत कोष में एक करोड़ रूपये और अपना एक महीने का वेतन देने की घोषणा की है उन्होंने कहा कि देश इस समय कोरोना महामारी की च्नौती का सामना कर रहा है इस मुश्किल समय में सभी को साथ आना चाहिए उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को रोकने के लिये सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के आइसोलेसन वार्ड में स्वास्थ्यकर्मियों के साथ अभद्रता करने वाले युवक को जेल भेज दिया गया है यह कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देश पर की गयी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा अन्य अधिकारियों के साथ कल अस्पताल का निरीक्षण करने गये थे जहां कुछ नर्सों ने अभद्रता करने वाले अद्वाबी से लौटे मच्छोदरी के युवक की शिकायत की थी गोरखपुर जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना महामारी के इस मुश्किल समय में प्रशासन का सहयोग करें सहजनवां के उप जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील के कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नम्बरों पर शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिये अपात्र व्यक्ति भी फोन कर रहे हैं उप जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति जांच में अपात्र पाया जाता है तो उसके खिलाफ काननी कार्रवाई की जायेगी आजमगढ़ जिले में पूर्णबंदी के दौरान गरीबों को खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह के निर्देश पर जनपद में अन्योदय कार्ड्यारकों के एक हजार सतहत्तर अतिक्पोषित बच्चों की पहचान की गयी है इन सभी बच्चों को बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से खाद्यान्न वितरित कराया जायेगा